लोकसभा मतगणना लोकसभा की पांच सौ बयालीस सीटों और चार राज्यों आंध्र प्रदेश ओडीसा सिक्किम तथा अरूणाचल प्रदेश की विधानसभा चुनाव के लिए डाले गए वोटों की कल होने वाली गिनती की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है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 वहीं छत्तीसगढ़ में भी मतगणना की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं सभी ग्यारह संसदीय क्षेत्रों के अंतर्गत नब्बे विधानसभा क्षेत्रो में कड़ी सुरक्षा के बीच सुबह आठ बजे से मतगणना शुरू होगी दोपहर तक रूझान मिलने की संभावना है अंतिम परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है कल प्रदेश की ग्यारह लोकसभा सीटों पर एक सौ छियासठ उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला हो जाएगा मतगणना के लिए सभी सत्ताईस जिला मुख्यालयों में मतगणना केन्द्र बनाए गए हैं जहां पांच हजार से अधिक गणनाकर्मी और पन्द्रह सौ माइक्रो आर्ब्जवर नियुक्त किए गए हैं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने रायपुर में पत्रकारों को बताया कि डाकमत पत्रों की गणना अलग टेबलों पर की जाएगी

इनमें से दो सौ उनसठ शिकायतें सही पाई गईं उन्होंने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए जारी आदर्श आचार संहिता के दौरान आयोग द्वारा सात करोड़ अटहत्तर आठ रूपये से अधिक की राशि जब्त की गई वहीं करीब तेरह लाख रूपये की शराब और पचयासी लाख रूपये से अधिक कीमत के अन्य सामान जब्त किए गए हैं इसके अलावा पेड न्यूज से संबंधित पचपन शिकायतें मिली थीं जिनमें से सैंतालीस सही पाई गईं मतगणना विशेष बुलेटिन आकाशवाणी के रायपुर केन्द्र के प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा लोकसभा चुनाव परिणामों की ताजा और सटीक जानकारी देने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं कल नियमित समाचार बुलेटिनों के अलावा हिन्दी में चुनाव संबंधी विशेष कार्यक्रम और समाचार बुलेटिनों का प्रसारण किया जाएगा जिसकी शुरूआत सुबह दस बजे विशेष समाचार बुलेटिन से होगी इसके बाद ग्यारह बजकर दस मिनट पर दोपहर एक बजे तीन बजे और शाम पांच बजे भी विशेष चुनाव समाचार बुलेटिन का प्रसारण किया जाएगा

केन्द्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश पर एनआईए ने आईपीसी और भारतीय शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं की तहत मामला दर्ज किया है बस्तर के पुलिस महानिरीक्षक नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने इसकी पृष्टि कर दी है गौरतलब है कि नौ अप्रैल को माओवादियों ने भीमा मंडावी के काफिले को निशाना बनाते हुए दंतेवाड़ा से लगे श्यामगिरी क्षेत्र के पास आईईडी विस्फोट किया था जिसमें भीमा मंडावी और चार जवान शहीद हो गए थे भारतीय जनता पार्टी ने इस हत्याकांड साजिश करार देते हुए इस मामले की सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग की थी छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में सीबीआई पर रोक लगा रखी है इसी वजह से केन्द्र ने मामले की जांच एनआईए से कराने का फैसला लिया है इससे पहले राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भीमा मंडावी हत्याकांड की एनआईए जांच की घोषणा करना पूरी तरह से राजनैतिक कार्यवाही है कांग्रेस के महामंत्री शैलेश नितिन त्रिवेदी ने एक बयान जारी कर कहा कि भाजपा ने इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी एक कदम आगे जाकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने न्यायिक जांच की घोषणा की अब एनआईए की जांच की घोषणा आदर्श आचार सहिता लागू होने के बावजूद की गयी और राज्य सरकार की अनुशंसा तक नहीं ली गई रेत खनन छत्तीसगढ़ सरकार ने रेत खदानों का संचालन राज्य खनिज विकास निगम सीएमडीसी से कराने के अपने फैसले को बदल दिया है अब खदानों पर नियंत्रण खुद खनिज विभाग करेगा और खदानों की नीलामी की जाएगी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल मंत्रिमंडल की हुई बैठक में इस फैसले पर सैद्वांतिक सहमति दे दी गई जानकारी के मुताबिक प्रदेश में इस समय आठ सौ से अधिक रेत खदाने हैं सरकार ने इनमें से करीब चार सौ खदानों की नीलामी करने का निर्णय लिया गया है रेन वॉटर हार्वेस्टिग प्रदेश में लगातार गिरते भू जल स्तर को देखते हुए नगरीय प्रशासन और विकास विभाग ने सभी नगरीय निकायों के शासकीय अर्द्वशासकीय कार्यालयों और भवनों में रेन वॉटर हार्वेस्टिग का कार्य तत्काल कराने के निर्देश दिए हैं इस संबंध में सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कल रायपुर में भू गर्भ जल की रिचार्जिंग के संबंध में आयोजित एक समीक्षा बैठक में सभी नगरीय निकायों के कार्यालयों और निजी भवनों में अनिवार्य रूप से वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य किए जाने के निर्देश दिए गए इसके अलावा सभी निजी संस्थानों के स्कूलों अस्पताल वाणिज्यिक भवन रिहायशी कॉलोनी टॉउनशिप और औद्योगिक इकाईयों में भी वॉटर हार्वेस्टिग का कार्य अनिवार्य किया गया है संक्षिप्त समाचार सुकमा जिले में आज दो माओवादियों ने सीआरपीएफ के अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर मार्ग पर सुरक्षा बलों ने दो दो किलो के आईईडी बरामद किए हैं बस्तर विकासखंड के घोटिया थाना क्षेत्र में नारंगी नदी पार करते समय नाव पलटने से एक ही परिवार के दो लोगों की मौत हो गई पिछले करीब एक महीने से लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे को अस्पताल से छुट्टी मिल गई है